इसका उद्देश्य मत्स्य पालन मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी शुरूआत की इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी योजनाओं के शुरू करने का उद्देश्य इक्कीसवीं शताब्दी के भारत के सभी गांव को ऊ जर्म और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में और मजबूत बनाना है

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं के माध्यम से मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र को नये आधार आधुनिक साजो सामान और नये बाजार मिलेंगे उन्होंने कहा कि देश के सभी भागों में मछली के व्यापार को ध्यान में रखते हए पहली बार इस तरह की एक बड़ी योजना तैयार की गई है श्री मोदी ने कहा कि ई गोपाला ऐप एक डिजिटल माध्यम होगा जिससे मवेशी मालिक आधुनिक मवेशियों का चुनाव कर सकेंगे इस ऐप से मवेशी मालिकों को उत्पादकता स्वास्थ्य और चारा से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध होंगी

मंत्रालय ने पाया है कि कुछ बड़े राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्ट में निगेटिव पाये जाने वाले कोरोना लक्षण वाले मामलों की आरटी पीसीआर जांच नहीं की जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोरोना लक्षण वाले निगेटिव मामलों की अनिवार्य रूप से जांच हो ताकि उनके संपर्क में आने वालों में सं क्र मण न फैल सके इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना सं क्र मण से बचाव के लिए मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय में भी विशेष पहल की जा रही है इसके तहत अब मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में सैनिटाईजेशन स्वास्थ्य परीक्षण और उपस्थिति के लिए रोस्टर तैयार किया जाएगा कल से आगामी रविवार तक मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय को पूर्ण रूप से सैनिटाईज किया जाएगा वहीं साप्ताहिक रोस्टर में अधिकतम एक तिहाई कर्मचारी और अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी इसके अलावा हर सप्ताह सोमवार मंगलवार और बधवार को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा साथ ही मंत्रालय आने जाने के लिए बसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी उधर बिलासपुर जिले के रतनपुर में कोरोना सं क्र मण से बचाव के लिए व्यापारिक संगठनों ने सात दिनों का स्वतः स्फूर्त बंद घोषित किया है आज से शुरू हुए इस बंद के दौरान डेली नीड्स और किराना दुकानों को छोड़कर शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी

आदेश के अनुसार दवा दुकान पेट्र ोल पम्प बस स्टैण्ड के होटल और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित ढाबों को इस लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है वहीं दूध की दुकानें सुबह छह से सात बजे तक एक घंटे के लिए और सब्जी दुकानें दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी वहीं राजनांदगांव के डोंगरगढ़ शहरी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है इसके तहत कल शाम सात बजे से उन्नीस सितंबर सुबह सात बजे तक डोंगरगढ़ के सभी व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे इस प्रतिबंध से अस्पताल दवाई दुकान बैंक मीडिया और अति आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है इस दौरान फल और सब्जी की दुकानें भी बंद रहेंगी फल और सब्जी के वि क्रे ता इस अवधि के दौरान होम डिलीवरी या फेरी लगाकर वि क्र य कर सकेंगे इधर राजनांदगांव के उदयाचल भवन में जनसहयोग से कोविड केयर सेंटर की शुरूआत की गई है इस सेंटर में मरीजों को निजी अस्पतालों की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं

इस सेंटर में लक्षण वाले गंभीर मरीजों के लिए अट्ठाईस बिस्तरों पर ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई है साथ ही आईसीयू के छह बेड और सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों के लिए बाईस बिस्तर सुरक्षित रखे गए हैं इस बीच प्रदेश में कोरोना सं क्र मण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय टीम का छत्तीसगढ़ में दौरा आज भी जारी रहा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र एनसीडीसी की तीन सदस्यीय टीम ने आज बिलासपुर जिले का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया इस टीम ने जिले के कोविड और सिम्स अस्पताल के अलावा होम क्वारेंटाइन और स्वास्थ्य विभाग के कोरोना सं क्र मित मरीजों के उपचार की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया टीम के सदस्यों ने सिम्स प्रबंधन को एक अलग वार्ड खोलने का भी सुझाव दिया ताकि कोरोना मरीजों का उपचार किया जा सके गौरतलब है कि इस टीम ने कल दुर्ग और राजनांदगांव जिले का दौरा किया था कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना सं क्र मित मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला जारी है दुर्ग जिले में आज शाम तक अस्सी नये कोरोना संक्र भित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें पाटन तहसील के बेल्हारी गांव से एक ही परिवार के सात सदस्य संक्र भित पाए गए हैं वहीं कल दुर्ग जिले में दो सौ पंचानवे नये कोरोना सं क्र मितों की पहचान की गई थी इनमें दुर्ग केंद्रीय जेल के पचास कैदी भी शामिल हैं वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र के एक चिकित्सक और बाईस कर्मी भी कोरोना सं क्र मित मिले थे इधर रायपुर में आयकर विभाग के अन्वेषण शाखा के प्रमुख निदेशक आलोक जौहरी की कोरोना सं क्र मण से उपचार के दौरान आज एक निजी अस्पताल में मौत हो गई श्री जौहरी भारतीय राजस्व सेवा के उन्नीस सौ अठासी बैच के अधिकारी थे वहीं बेमेतरा के पत्रकार मोहम्मद अकबर की भी दुर्ग में उपचार के दौरान कोरोना सं क्र मण से मौत हो गई प्रदेश में कल दो हजार पांच सौ चौंसठ नये कोरोना सं क्र मित मरीजों की पहचान की गई इनमें राजधानी रायपुर से आठ सौ उनहत्तर मरीज शामिल हैं वहीं कल तेरह लोगों की कोरोना सं क्र मण से मौत हो गई इस बीच रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने लालपुर में सौ बिस्तर वाले आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण कर इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए

प्रदेश के विभिन्न कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर्स से बीते एक सप्ताह में पांच हजार सात सौ से अधिक मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई है इस दौरान कल नौ सितंबर को सबसे अधिक ग्यारह सौ छियालीस मरीजों को छुट्टी दी गई वहीं होम आइसोलेशन में रहकर उपचार ले रहे चार सौ छिहत्तर मरीजों ने भी अपनी होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर ली है प्रदेश में अब तक चौबीस हजार से अधिक मरीज कोरोना सं क्रमण से मुक्त हो चुके हैं वहीं राज्य में कोरोना वायरस से मृत्यु की दर वर्तमान में शन्य दशमलव नौ शन्य प्रतिशत है इस बीच राज्य सरकार कोरोना सं क्र मण पर नियंत्रण के लिए लगातार जांच और उपचार की सुविधा बढ़ा रही है इसके तहत सभी जिलों में सैंपल लेने की सुविधा का विस्तार किया गया है वर्मी कम्पोस्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए मनरेगा से वर्मी टांका निर्माण के कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृतित प्रदान करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने गौठान समितियों से वर्मी टांका निर्माण के लिए जितनी मांगें आती हैं उन्हें जल्द स्वी कृ ति प्रदान करने को कहा मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉ न फ्रें सिंग के माध्यम से छ र ीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की आयोजित बैठक में कहा कि सभी धान खरीदी केन द्र ों में चबूतरों के निर्माण और चबूतरों पर शेड निर्माण के कार्यो को प्राथमिकता देते हुए शीघ्रता से पूर्ण किया जाए कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के दौरान साढ़े आठ प्र तिशत ब्याज देने का फैसला किया है संगठन के दू स्टियों के कें द्रीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हए बोर्ड ने व्याज दर को साढ़े आठ प्रतिशत पर ही रखा है बोर्ड ने कर्मचारियों की जमा से जुड़ी बीमा योजना वर्ष उन्नीस सौ छिहत्तर में संशोधन को भी स्वी कृ ति प्रदान की इससे वर्तमान अधिकतम छह लाख रुपये के बीमा लाभ को बढ़ाकर सात लाख कर दिया जाएगा कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर इसका लाभ उनके परिजनों को होगा रेल मंत्रालय ्रेल मंत्रालय ने शनिवार बारह सितंबर से कुछ मार्गो पर निर्धारित समय सारणी के अनुरूप चालीस जोड़ी रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है इन रेलगाडियों की बुकिंग आज से शुरू हो गई हैं ये रेलगाडियां पूरी तरह आरक्षित होंगी कोरोना सं क्र मण के मद्देनजर यात्रियों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने और अन्य सभी एहतियाती उपाय किए जायेंगे यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे आरक्षण काउंटर पर भीड़भाड़ से बचने के लिए अॉनलाइन टिकट बुकिंग का लाभ उठायें शिक्षा सचिव अवलोकन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने जशपुर जिले में पढ़ई तुंहर दुआर सहित अन्य शैक्षिक मॉडलों के क्रि यान्वयन का जायला लिया इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन नवाचार और बच्चों के बौध्दिक क्षमता को बढ़ाने के प्रयास में जशपुर जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है साथ ही अन्य जिलों के लिए आदर्श भी प्रस्तुत किया है डॉक्टर शुक्ला ने इस दौरान अंग्रेजी माध्यम स्कूल का भी निरीक्षण किया साथ ही संकल्प शिक्षण संस्थान का भी अवलोकन किया हेमचंद यादव विवि परीक्षा दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चौदह सितंबर से शुरू होंगी

विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरूणा पल्टा ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा की समय सारिणी जल्द ही घोषित की जाएगी कुलसचिव डॉक्टर सीएल देवांगन ने बताया कि विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षा में करीब चौंतीस हजार नियमित छात्र और करीब चौहत्तर हजार स्वाध्यायी छात्र शामिल होंगे शिक्षक सम्मान दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने जिले के बारह उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया इनमें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाली शिक्षिका सहित मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना के तहत ज्ञानदीप पुरस्कार प्राप्त करने वाले और शिक्षादूत पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षक शामिल हैं समारोह के दौरान कलेक्टर ने शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया भाजपा सेवा सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की रायपुर इकाई आगामी चौदह से बीस सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाएगी संगठन ही सेवा के तहत विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों को लेकर कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे इसके लिए जिले के सभी सोलह मंडलों में सेवा सप्ताह कार्य क्र म के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं इसके अलावा जन जागरण के कार्य भी संपन्न होंगे ये सभी कार्य क्र म कोरोना सं क्र मण के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर संपन्न कराए जाएंगे लूट आरोपी गिर पतार राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ में बीते महीने हुई लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिर फ्तार किया है इनमें तीन आरोपी उत्तरप्रदेश के हापूड़ जिले के वहीं अन्य तीन डोंगरगांव निवासी बताए जाते हैं गौरतलब है कि बीते चौबीस अगस्त को सराफा कारोबारी पर अज्ञात आरोपी हमला कर दोपहिया में बंधे बैग मोटरसाइकिल मोबाइल और अन्य सामान लूटकर भाग गए थे कारोबारी के बैग में बारह किलो चांदी और करीब एक सौ नौ ग्राम सोने के गहने थे मौसम अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ बौछारें पडने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार एक च क्रीय च क्र वाती घेरा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊ पर स्थित है जिसके प्रभाव से प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है

इस अवसर पर श्री देब ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दस करोड़ रूपये की राशि का चेक भी सौंपा राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस के संबंध में सर्व संबंधितों से सुझाव आमंत्रित किए हैं इच्छुक व्यक्ति राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर ई मेल प्रेषित कर सकते हैं

वहीं इसी जिले की पुलिस ने सिंघोड़ा के पास तीन व्यक्तियों के पास से तीन किलो सोना सहित नगदी बरामद की है